प्रधानमंत्री वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश केवल सरकार से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के संस्कारों और मूल्यों से मिलकर बनता है वे आज वाराणसी में जंगम बाड़ी मठ में श्री जगदग्रू विश्वाराध्य गुरूकल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिक के रूप में हमारा आचरण एक नए भारत के भविष्य और दिशा को तय करेगा प्रधानमंत्री ने चंदौली जिले के पडाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केन्द्र राष्ट्र को समर्पित किया श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तिरसठ फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक हजार दो सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत की उन्होंने वाराणसी को उज्जैन और ओमकारेश्वर से जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस को इांडी दिखाकर रवाना किया

इस चर्चा का विषय था लोकतान्त्रिक भारत में जाति और राजनीति अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक जातियां साथ साथ रहती हैं और उन्होंने प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरू घासीदास जी ने कहा था मनखे मनखे एक समान यह बात छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जातियों को जब तक राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रजातंत्र में उनके अधिकार सुरक्षित नहीं किए जाएंगे तब तक हम उत्पादन के अधिकार और गौरवपूर्ण नागरिकता को लक्षित नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री ने खासतौर से अपनी सरकार की नरवा गरवा घूरवा और बारी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस समय देशभर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चला रहा है यह इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक जारी रहेगा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की विविधता में एकता और राष्ट्रीय भावना को सशक्त बनाना है इस कार्यक्रम के तहत प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रदेश में भी अनेक आयोजन किए जा रहे हैं इसी कड़ी में बालोद जिले के गुण्डरदेही में महात्मा गांधी और सरदार वल्लमभाई पटेल की जीवनी पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई इस दौरान सरदार पटेल की जीवनी पर बनी फिल्म सरदार का प्रदर्शन किया गया वहीं रंगोली प्रतियोगिता और गीत संगीत के माध्यम से प्रतिभागियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के बारे में बताया इसके अलावा जगदलपुर के टिकराधनोरा गांव में जनसंचार कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ साथ ही भिलाई में स्थानीय नागरिकों और महिला स्व सहायता समूहों को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जानकारी दी गई लोक मडई कृषि मेला राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में इन दिनों लोक मड़ई और कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है जनसेवा मैदान में आयोजित इस तीन दिवसीय मेले का शुभारंभ कृषि मेंत्री रविन्द्र चौबे ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेती किसानी और किसानों की बेहतरी के लिए प्रदेश में नरवा गरवा घूरवा और बाड़ी योजना शुरू की गई है यह योजना किसानों की तकदीर बदलेगी लोक मड़ई भें रोजाना शाम को स्थानीय कलाकारों और विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं कृषि मंत्री नारायणपुर में आयोजित कृषि मेले और प्रदर्शनी में भी शामिल हुए उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और बिहान समृह की महिलाओं से बातचीत की श्री चौबे ने उनकी मेहनत और हनर की तारीफ भी की इस मेले का आयोजन रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा किया गया है मेले में कृषि पश्रपालन उद्यानिकी महिला और बाल विकास जैसे विभिन्न विमागों द्वारा योजनाओं पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार केंद्रीय बजट पर आधारित रहेगा इस बजट में वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य है सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए सोलह सुत्रीय कार्यक्रम शुरू करने की भी बात कही है इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और किसान नेता चंद्रशेखर साह से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे महानदी मैराथन जल जंगल और नदी को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से आज बलौदाबाजार में महानदी मैराथन का आयोजन किया गया इसमें देश विदेश के तीन हजार से अधिक प्रतिमागियों ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर दौड लगाई प्रतिमागियों के उत्साहवर्धन के लिए फिल्म अभिनेता और आयरन मैन फिटनेस मॉडल मिलिंद सोमन अभिनेता अनुज शर्मा और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता ड्रमरे ने फ्लैग ऑफ कर दौड़ का शुभारंभ किया इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायकों से लेकर पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियो ैने भी इसमें हिस्सा लेकर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया

मैराथन के बाद पतंग उत्सव का भी आयोजन किया गया जिसमें मुंबई से आई पतंगबाजों की टीम आकर्षण का केन्द्र रही

अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस स्पर्धा में देशमर की जानी मानी बीस टीमें भाग ले रही स्पर्धा का उदघाटन कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद संतोष पांडेय ने की

प्रतियोगिता का पहला मुकाबला मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी और दिल्ली इलेवन गाजियाबाद के बीच खेला गया जिसमें मध्यप्रदेश की टीम ने तीन के मुकाबले पांच गोल से जीत दर्ज की वहीं द्सरे मैच में राजनांदगांव इलेवन ने सिकंदराबाद की टीम को चार एक से हराया प्रतियोगिता के विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ दो लाख रूपये और उप विजेता टीम को ट्रॉफी और डेढ लाख रूपये का प्रस्कार दिया जाएगा इस स्पर्धा का समापन चौबीस फरवरी को होगा देवमोग उत्पाद राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ ने देवभोग दुग्ध उत्पादों की श्रृंखला में अब डेयरी व्हाइटनर कुकीज और प्रोटीन ड्रिंक गटगट बाजार में पेश किया है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इन उत्पादों को लॉन्च किया राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के महाप्रबंधक नरेन्द्र दुग्गा ने बताया कि प्रोटीन ड्रिंक गटगट पनीर बनाते समय बचे हुए पानी से निर्मित है यह ड्रिंक पौष्टिकता से भरपूर और स्वास्थ्य के लिए लामकारी है वहीं कृकीज का निर्माण घी और दूध पाउडर से किया गया है यह कुकीज महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किया गया है दूर्ग पश् मेला दूर्ग जिले के खपरी में आज जिला स्तरीय पश् मेला आयोजित किया गया मेले का श्भारंभ लोक निर्माण मंत्री ग्रु रुद्रकुमार ने किया मेले में प्रगतिशील किसानों और पश्पालन के क्षेत्र से जूडे विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया इस दौरान विशेषज्ञों ने उत्तम नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया

मुख्यमंत्री शाला प्रबंधन योजना के तहत इस प्रशिक्षण का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यनिसेफ और अहमदाबाद के ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट यूट के सहयोग से किया गया प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मास्टर टेनर्स अपने क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे इस दौरान आपदा को साथ साथ मौसम परिवर्तन बाल संरक्षण स्वच्छता स्वास्थ्य और कपोषण जैसे विषयों की भी जानकारी दी गई संक्षिप्त समाचार कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित प्रतिभाओं को रायपुर में आयोजित समारोह में सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए श्रभकामनाएं दीं नया रायपुर की जंगल सफारी में पर्यटकों को सैर कराने के दौरान बाघों को उकसाने और उसका वीडियो बनाने के आरोप में तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है सूरजपुर जिले के घड़सेड़ी के जंगल में भालू के हमले में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं राजिम माघी प्रन्नी मेले में आज सुबह एक साधु का शव महानदी में तैरते हुए मिला है यह साधु राजिम के बुढ़ादेव मंदिर का पुजारी बताया जा रहा है घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है दंतेवाड़ा जिले में भांसी थाना क्षेत्र के मोलसनार के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड होने की खबर है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इसे घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है मौके से पिठद और अन्य सामान बरामद किए गए हैं जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में नौकरी लगाने के नाम पर करीब चार लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है प्रलिस इस मामले की जांच कर रही है